तीन सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफ़ल्ला करेंगे इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक ग़्रू श्री श्री रवि शंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता पैनल चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा और समूची प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए

श्री कोविंद द्वारा अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कल देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी इसके बाद यह कानून प्रभावी हो गया है इससे दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की आरक्षित पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित हो पाएगी यह अध्यादेश अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों और शोध संस्थानों में लागू नहीं होगा

इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों को लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वे जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करते हैं और उन्हें विषय की विस्त्रत जानकारी रहती है

हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित पांच खंडों वाली इस पुस्तक का प्रकाशन केन्द्र सरकार के प्रकाशन विभाग ने किया है

ब्यूरो की कार्यवाही के बाद सीबीआई पुलिस निरीक्षक प्रकाष चंद फरार है और उसके घर तलाषी की जा रही है ब्यूरो के महानिदेषक आलोक त्रिपाठी ने आज संवाददाताओं को बताया कि परिवादी ने ब्यूरो में षिकायत की थी कि गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित भूखंडों के मुकदमों में पुलिस निरीक्षक प्रकाश चंद अनुसंधान अधिकारी है

विमान में गडबडी का पता चलते ही पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी जो सुरक्षित है हादसे के कारण का अभी पता नहीं चला है और विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिये गये हैं

डॉ शर्मा ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में करीब पन्द्रह करोड रूपये की लागत से बने विकास कार्यो का लोकार्पण करने के बाद कहा कि आने वाले दिनों में अजमेर को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी उन्होंने बताया कि अस्पताल के विस्तार के लिए जिला कलेक्टर को जमीन आवंटित करने के निर्देश दिये हैं

कल रात चांद नहीं दिखने की हिलाल कमेटी की घोषणा के बाद दरगाह कमेटी की ओर से जारी किये गये कार्यक्रम के अनुसार नौ दिवसीय उर्स आज रात शाही महफिल गुसल और फातहा के साथ रात ग्यारह बजे से शुरू हो जाएगा

इस बीच आज दरगाह पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश की गई राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से कल दरगाह शरीफ पर चादर पेश की जाएगी

विश्वभर में सरकारें गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च महिला दिवस के रूप में मनाती हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हुआ हो वे आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाए रक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भुमिका निभा रही हैं

समारोह में मुख्य अतिथि महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेष बैरवा ने कहा कि सरकार महिला सषक्तिकरण की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए प्रयास कर रही है समारोह के दौरान राज्य स्तरीय महिला षक्ति पुरस्कार इस वर्ष के लिए कुसुमलता जैन को प्रदान किया गया